छह मई को होगा मतदान

और प्रदेश में चक्रवाती तूफान फोनी का प्रभाव समाप्त

लोकसभा चुनाव के पांचवे चरण का प्रचार अभियान आज समाप्त हो गया इस चरण में सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण लोकसभा क्षेत्रों के लिए सोमवार छह मई को मतदान होना है पांचवे चरण में लगभग अट्ठासी लाख मतदाता छह महिला समेत बयासी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे इस चरण में मुजफ्फरपुर सीट पर सबसे अधिक बाईस और हाजीपुर में सबसे कम ग्यारह उम्मीदवार मैदान में हैं सीतामढ़ी में बीस मधूबनी में सत्रह और सारण में बारह प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इस चरण में जिन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस राजद के चंद्रिका राय और कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी शकील अहमद प्रमुख हैं इनके अलावा राजद के अर्जुन राय जदयू के सुनील कुमार पिंटू राजद के शिवचंद्र राम भाजपा के अजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी की भी किस्मत दांव पर है प्रदेश में लोकसभा चूनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस सिलसिले में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वाल्मिकीनगर में एक चूनावी सभा को संबोधित संबोधित किया श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद सहित सभी विपक्षी दल लोकसभा चुनाव में अपनी हार के डर से बहाना बनाते हुए अब चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग पहले उन्हें और ईवीएम को गाली दे रहे थे

शांति और सौहार्द का वातावरण बना है उन्होंने विपक्ष पर आरक्षण खत्म करने के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले आरक्षण के मुद्दे को लेकर अशांति फैल जाती थी लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण लोगों को नौकरियों में जो दस प्रतिशत आरक्षण दिया गया है लोगों ने इसे भाईचारा के भाव से लिया श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश की सुरक्षा को कमजोर करना चाहती है इसलिए उसने अपने घोषणा पत्र में देशद्रोह और विशेष सशस्त्र सुरक्षा बल कानून हटाने का वायदा किया है जिससे आतंकवादियों और अलगाववादियों का दुस्साहस और बढ़ेगा सभा को जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने भी संबोधित किया वहीं दूसरी तरफ जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सारण के सूतिहार में एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में चूनावी रैली को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयासों से राज्य लगातार प्रगति पथ पर बढ़ रहा है उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में मतदान की अपील की राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के विदुपुर तथा नारायणपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर बालिका गृह कांड के आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सुजन घोटाला के आरोपियों को बचाने का काम कर रही है इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के चांदपुर बेला अशोक राजपथ दूजरा और कृष्णानगर में आयोजित नुक्कड़ सभाओं में लोगों से एक बार फिर केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार गठन के लिए समर्थन की अपील की पाटलिपुत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकुपाल यादव ने पालीगंज प्रखंड के कल्याणपुर मसौढ़ी अंकुरी भेड़रिया और कस्सोपुर सहित कई जगहों पर रोड शो कर लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील की पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी अपने समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया मधुबनी संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी शकील अहमद ने बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में घूम घूम लोगों से समर्थन से अपील की इधर राजद की वरिष्ठ नेता राबड़ीदेवी और तेज प्रताप यादव ने दानापुर में पाटलिपुत्र से महागठबंधन उम्मीदवार मीसा भारती के समर्थन में रोड शो किया मुंगेर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत लखीसराय के घोंघसा मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या तीन सौ उनतालीस और तीन सौ चालीस पर छह मई को प्रनर्मतदान होगा चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की शिकायत सही पाये जाने के बाद इन मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग कराने का आदेश दिया था यहां चौथे चरण में उनतीस अप्रैल को मतदान हुआ था सारण संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में छह मई को वोट डाले जाएंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सीट पर कुल बारह प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा है

वे यहां से चार बार जीतकर संसद पहुंच चुके हैं दो हजार चौदह में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के राजीव प्रताप रूड़ी ने राजद की राबड़ी देवी को पराजित करते हुए श्री प्रसाद के इस गढ़ को ध्वस्त किया था इस बार श्री रूडी का मुकाबला राजद के चंद्रिका राय से है जो परसा के विधायक हैं श्री राय लालू प्रसाद के समधी और पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के पूत्र हैं आकाशवाणी समाचार के लिए पटना मैं कल्पना झा राजद नेता तेज प्रताप यादव ने पार्टी प्रत्याशी चन्द्रिका राय की उम्मीदवारी पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर कहा है कि पार्टी में टिकटों का बंटवारा गलत तरीके से हुआ है उन्होंने महागठबंधन की एकजुटता पर भी सवाल उठाये बाहबली नेता राजन तिवारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित मिलन समारोह में पार्टी के वरिष्ठ नेता आश्रतोष टंडन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलायी चक्रवाती तूफान फोनी का असर खत्म होने के बाद प्रर्वी और दक्षिण भारत जाने वाली कई ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू हो गया है हालांकि पुरी के लिए दस मई तक ट्रेन सेवा बंद रहेगी रेलवे ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि पुरी भुवनेश्वर और खुर्दा रेल लाईन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी है जिस कारण इस रेलखंड पर अगले आदेश तक के लिए ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटप्रट बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि चक्रवाती तूफान फोनी का असर पूरी तरह खत्म हो गया है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबसे अधिक अररिया के फारबिसगंज में तैंतीस दशमलव चार मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी वहीं समस्तीपुर में बत्तीस दशमलव आठ और भागलुपर में इकतीस दशमलव आठ मिलीमीटर बारिश हुई है बारिश के कारण प्रदेश में अधिकतम तापमान में सात से आठ डिग्री सेल्सियस की कमी आयी है

दुर्घटना से आक्रोशित लोगों घंटों सड़क जाम कर प्रदर्शन किया वहीं गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र अंतर्गत कोसमा के पास एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत हो गयी दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया

और अब अंत में मुख्य समाचार लोकसभा चूनाव के पांचवे चरण के लिए चूनाव प्रचार समाप्त

और प्रदेश में चक्रवाती तूफान फोनी का प्रभाव समाप्त